आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि यह समय इस बात पर फिर से जोर देने का है कि सुराज हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है देश में हो रही असमान वर्षा की स्थिति का ज़िक्र करते हुए उन्होंने प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के संरक्षण और संवर्द्वन के लिए सामूहिक प्रयास का आहवान किया कॉलेजों में प्रवेश ले रहे नए छात्रों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें शांत रहकर जीवन और अंतर्मन का भरपूर आनन्द लेने की सलाह दी उन्होंने कहा कि किताबों का कोई विकल्प नहीं है लेकिन छात्रों को नए कौशल भाषाएं और संस्कृति जैसे विषयों को जानने पर भी ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों से गणेशोत्सव पूरी श्रद्वा उत्साह और मनोयोग से मनाने का आहवान करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह आयोजन पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए अनुराग ठाकुर लोकसभा में मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने न्यू इंडिया का द्वार खोलने में युवा शक्ति की भूमिका को अहम बताया है सोलन ज़िले के कसौली में आज युवा विचारकों के थिंकर्स सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में एक अच्छा माहौल तैयार हो रहा है और समाज का हर वर्ग न्यू इंडिया के निर्माण में सहयोग दे रहा है अनुराग ठाक्र ने कहा कि समाज कल्याण के लिए अनेक गैर सरकारी संगठन भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा कि देश सहित विश्व भर को आज असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिनसे निपटने में युवा अपना योगदान दे सकते हैं मिंजर मेला चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ आरम्भ हो गया मेले के शुभारम्भ पर चम्बा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर र्ने ध्वजारोहण कर मिंजर मेले का विधिवत शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि ये मेला आपसी भाईचारे का प्रतीक है और इस दौरान चम्बा की प्राचीन संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है उन्होंने मेला मैदान में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का उदघाटन किया और खेलकृद प्रतियोगिताओं का भी शुभारम्भ किया

इस दौरान होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे जनमंच बिलासपुर ज़िले में घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के हटवाड़ में जनमंच प्रचार वाहन को विधायक राजेन्द्र गर्ग ने आज हरी झण्डी दिखाई

उधर सोलन का ज़िलास्तरीय जनमंच कार्यक्रम दून क्षेत्र की चण्डी पंचायत में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार की अध्यक्षता में होगा

विमोचन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है वे आज शिमला में पहाड़ी गीतों की एक सीडी के विमोचन अवसर पर बोल रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों विशेषकर युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व होना चाहिए कटवाल बिलासपुर जिले में झण्ड्रता के विधायक जीत राम कटवाल ने कहा है कि इलाके में सड़क शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी

सेवा दल कांग्रेस सेवा दल ने प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में आज राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम आयोजित किए

किन्नौर जिले के सांगला में ध्वज वंदन समारोह में सेवादल के मुख्य संगठक अनुराग शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को सेवादल से जोड़ कर कांग्रेस पार्टी को और अधिक मज़बूत किया जाएगा फुटबॉल ऊना ज़िले में हरोली क्षेत्र के खड्ड में आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल इन्विटेशन टूर्नामेंट का खिताब मुम्बई की टीम ने जीत लिया है आज खेले गए फाइनल मुकाबले में विजेता टीम ने मेजबान हिमाचल को एक श्रन्य से पराजित किया विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज वर्षा का दौर थमा रहा जिससे लोगों ने कुछ राहत महसूस की है धूप खिलने से प्रशासन ने भूस्खलन से अवरूद्व मार्गो को बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया है